मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरीये राज्य में अभिनव व महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ किया इस योजना में मनरेगा को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास एक बीघा तक की भूमि है वे सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते है

उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने का अधिकार होगा

इसके आलवा योजना में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षिण भी दिया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी स्वय सहायता समूह जो जॉब कार्ड धारक हैं वे इस योजना के तहत एक लाख रूपये का लाभ ले सकते हैं

हमीरपुर से हमारे जिला संवाद्दाता हरीश नंदा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में से नादौन उपमंडल के हटली से तीन और गवालपत्थर गडसू से दो भोरंज तहसील से दो टौणी देवी से दो और झनियारा से एक व्यक्ति शामिल है जबकि छः अन्य संक्रमित मरीजों का व्योरा आना बाकि है ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं वहीं सोलन से हमारे जिला संवाद्दाता लक्ष्मीदत्त शर्मा ने बताया कि जिले में सामने आए पांच कोरोना संकमित लोग मानपुरा स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे ये सभी मरीज बंगाल से अवैध तरीके से ट्रक के माध्यम से नालागढ़ पहुंचे थे उधर धर्मशाला से हमारे जिला संवाद्दाता संदीप कुमार ने बताया कि आज सामने आए छः कोरोना संक्रमित मरीज ज्वालामुखी नूरपुर इंदौरा नगरोटा बगवां और जयसिंहपुर क्षेत्र से संबंधित हैं ये सभी लोग हाल ही में मुंबई से लौटे हैं और इन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया गया था जावडेकर एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कल सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे

यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी

इस बातचीत का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो के जरिए देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना है शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी उप शिक्षा निदेशकों और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की उन्होंने सभी स्कूलों से नमस्ते भारत का हिस्सा बनने का आह्वान भी किया और सभी निजी स्कूलों को बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी की तर्ज पर पाठ्य पुस्तकों को पढाने के निर्देश दिए निरीक्षण ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के थानाकलां में निर्माणाधीन गोकुल ग्राम के कार्य का निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि इससे बेसहारा गौवंश की समस्या हल होगी और किसानों की फसल भी आवारा पशुओं से बचेगी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में लोगों को मास्क बांटे और कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण से बचाव के लिए सभी को सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाए रखना जरूरी है सैजल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना संकमण से बचने का एक बेहतर उपाय है और मास्क इस वायरस के विरूद्ध विश्वसनीय सुरक्षा चक का कार्य करता है

उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों फसलों का सही मूल्य दिलाने के लिए एपीएमसी एक्ट के तहत केंद्रीय कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है और इस कानून के आने के बाद कोई भी किसान अपनी फसल मंडियों के बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा राजीव गांधी प्ण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला स्थित सदभावना चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी इस मौके पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विधायक विक्रमादित्य सिंह नंदलाल और मोहन लाल ब्राक्टा ने भी राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है श्रद्वांजलि इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

निधन शोक ठियोग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक राकेश वर्मा का हृदयघात से कल रात शिमला के आईजीएमसी में निधन हो गया

राकेश वर्मा ठियोग विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पूर्व विधायक राकेश वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शोक संतप्त परिजनों से सहानुभूति व्यक्त की है और कहा कि राकेश वर्मा के योगदान को शिमला जिला विशेषकर ठियोग क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने भी राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर दुख जताया है नडडा ने कहा कि वे मध्रभाषी सौम्य स्वभाव और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी राकेश वर्मा के निधन पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवदेना जताई है गरीब कल्याण योजना केंद्र द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोरोना संकट की इस घड़ी में छोटे व मझोले किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही हैं

कांगडा जिले के लाभार्थि किसानों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में ये राशि उन्हे बीज और कृषि व उपकरण खरीदने में मदद करेगी

रोहड् के उप पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने बताया कि घायलों का रोहडू अस्पताल में उपचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये सभी लोग जुब्बल तहसील के भोलाड़ गांव के रहने वाले हैं